आज नई दिल्ली में चीन के विदेशमंत्री वांग यी के साथ तीसरे भारत चीन उच्च स्तरीय मीडिया फोरम को संबोधित करते हुए विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनो पक्षों ने मीडिया फिल्म शिक्षा पर्यटन कला योग संस्कृति खेल और शैक्षणिक तथा यूवा आदान प्रदान के दस क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा की है श्रीमती स्वराज ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर भी जोर दिया श्रीमती स्वराज ने कहा कि भारत ने आपसी संबंधो में सुधार के लिए कदम उठाये है और इस मामले में चीन का सहयोग अपेक्षित है उन्होंने कहा कि इस वर्ष के शुरु में हुई वुहान शिखर वार्ता से आपसी संबंधो में काफी प्रगति हुई है टीवी सेट टायर पावर बैंक और वीडियो गेम्स जैसी छह वस्तुओ पर वस्तु और सेवाकर जीएसटी की दर चौबीस प्रतिशत से घटाकर अटठारह प्रतिशत कर दी गई है आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चौंबीस प्रतिशत का जीएसटी अब केवल चौबीस वस्तुओ पर ही लगेगा इनमें सीमेंट वाहनों के कल पूर्जे एयरकंडीशनर और डिशवाशर जैसी विलासिता की वस्तुएं शामिल है विकलांग व्यक्तियों के वाहनो में लगने वाली सामग्री पर जीएसटी की दर घटाकर पाच प्रतिशत कर दी गई है वित्तमंत्री ने बताया कि सौ रुपये तक के सिनेमा के टिकट पर अब बारह प्रतिशत का कर लगेगा जबकि सौ रुपये से उपर के टिकट पर अटठाईस प्रतिशत की बजाय अटठारह प्रतिशत कर लगेगा इकोनॉमी श्रेणी के तीर्थयात्रियों के लिए विशेष उड़ानो पर लगने वाले कर की दर बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है जन धन खाता धारको से बैंको की सेवाओं पर अब कोई शुल्क नही लिया जाएगा नई जीएसटी दरें पहली जनवरी से लागू होंगी श्री जेटली ने बताया कि अचल संपत्ति पर जीएसटी के बारे में परिषद की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के सात सदस्यीय समूह के गठन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है यह समूह कुछ राज्यों में राजस्व संग्रह के ढाचे को प्रभावित करने के कारणों की समीक्षा करने के साथ साथ राजस्व प्राप्ति के रुझान का भी अध्ययन करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा तंत्र को अपने तात्कालिक लाभ के लिए जातीय विसंगतियों का लाभ उठाने वाले विभाजनकारी तत्वों से सावधान रहने को कहा है उन्होंने ऐसे लोगो को जमीनी स्तर पर ही अलग थलग करने पर जोर दिया आज गुजरात के केवड़िया में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने पुलिस बल से कटटरपंथ के हिमायतियों से सतर्क रहने को कहा श्री मोदी ने पुलिस बल से राष्ट्र के सभी समुदायों के बीच विश्वास कायम करने को भी कहा प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों से भारत की एकता और अखंडता के लिए निरंतर काम करते रहने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर जारी एक डाक टिकट का भी विमोचन किया उन्होंने कहा कि यह स्मारक सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा उन्होंने साइबर को ऑर्डिनेशन सेंटर यानी साइबर समन्वय केंद्र के पोर्टल की भी शुरुआत की इससे सुरक्षाबलों को साइबर अपराधों को हल करने में मदद मिलेगी

उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगो के नजरिये में बदलाव के लिए स्वच्छता प्रेरको से कठिन परिश्रम करने पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए जमीनी स्तर से नौ स्वच्छता प्रेरको का राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रुप में चयन किया गया है

चांगलांग जिले के मानमाउ में कल चार महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओ के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास की एक नई उचाई पर ले जाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाया है

जिला उपायुक्त ने इस वार्षिक कार्यक्रम को शांति प्रिय तरीके से कराने के लिए सभी हितधारको के बीच बेहतर समन्वय शुनिश्चित करने को कहा